सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पथ विकेताओं के हित में चलाई जा रही योजना के अच्छे नतीजे मिले हैं उन्होंने कल भोपाल में कहा कि प्रधानमंत्री स्व निधि ऋण योजना का प्रदेश में तेज गति से अमल सुनिश्चित किया गया है और मध्यप्रदेश देश में अव्वल स्थान पर है श्री चौहान ने कहा कि इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विकेता योजना शुरू की गई है जिससे उनका जीवन आसान बनाने में मदद मिली है मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना काल के दौरान इस योजना से छोटे कारोबारियों को मदद मिली है उन्होंने नगरीय निकायों से योजना को गति देने के लिये सक्रिय भूमिका निभाने को कहा

कोविड प्रदेश देश के साथ ही प्रदेश में भी कोरोना संकमण के मामलों में वृद्धि हो रही है

दोनों ही इस साल के सबसे बड़े आंकड़े हैं

हर दिन करीब एक हजार नये मामले सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र से लगे जिलों में संक्रमितों में तेज वृद्धि हो रही है छिंदवाड़ा बालाघाट बड़वानी बैतूल और खंडवा जिलों में अधिक मामलों को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है राजधानी भोपाल में कल पूरी तरह लॉकडाउन रखा गया था होली रंगों का त्यौहार होली आज प्रदेश में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतिक है यह बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतिक है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और अनेक मंत्रियों ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामना देते हुए घर पर होली मनाने की अपील की है मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से मेंरी होली मेंरे घर का पालन करते हुए घर पर ही होली मनाने की अपील की है उन्होंने कहा है कि आपात स्थिति में हमें त्यौहार मनाने के तरीके बदलने होंगे

पन्ना के प्राणनाथ मंदिर में पारम्परिक तरीके से होली का पर्व मनाया जा रहा है जिसमें कोरोना काइड लाइन का ध्यान रखा गया बैतूल में बालाजी पुरम मंदिर में होलिका दहन किया गया आगरमालवा डिंडोरी सतना धार खंडवा सहित प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर होलीका दहन भक्तिभाव के साथ किया गया वहीं विदिशा में होलिका दहन के दौरान विद्युत लाइन में आग लग गई हालांकि प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आग बुझाकर बड़ा हादसा टाल दिया खेल भोपाल की मनीषा कीर ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारत को एक और स्वर्ण पदक दिलाया है इससे पहले प्रदेश के पिस्टल शूटर चिंकि यादव और एश्वर्य प्रताप सिंह तोमर भी स्वर्ण जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ा चुके हैं

इसके अलावा एक रजत और एक कांस्य पदक भी दिलाया है जो अब तक किसी भी विश्व कप में राज्य अकादमी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वहीं खेल के अन्य समाचारों में प्रदेश की टीम ने राष्ट्रीय हेंड बाल प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है यह प्रतियोगिता दिल्ली में आयोजित की गई उधर महिला सिनियर एक दिवसीय टूर्नामेंट में राज्य की टीम कल पश्चिम बंगाल के खिलाफ अपना मैच खेलेगी क्रिकेट भारत ने इंग्लैंड को तीसरे और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच में सात रन से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला दो एक से जीत ली है

करन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया भारत की ओर से शार्दल ठाकुर ने चार जबकि भुवनेश्वर कुमार ने तीन विकेट लिए इंग्लैंड के जॉनी ब्रेयस्टॉ को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया विराट कोहली के नेतृत्व में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में हराया

मौसम प्रदेश में मौसम में पिछले कुछ दिनों में गर्मी में तेज वृद्धि हुई है सागर ग्वालियर और भोपाल संभागों के जिलों में तापमान काफी बढ़ा है

मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान और गुजरात से आ रही गर्म हवाओं के कारण भोपाल सहित कई शहरों के तापमान में वृद्धि हुई है

नमस्कार